कहा शांति समानता तथा अहिंसा के गांधी जी के दृष्टिकोण को विश्व अधिक प्रासंगिक मान रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलो पर लोगों को नागरिकता संशोधन कानून पर ग्मराह करने का लगाया आरोप कहा हिंसा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल दूसरा अनुपूरक बजट पारित होने के बाद अनिश्चितकाल के लिये स्थगित प्याज की कमी से निपटने के लिए केन्द्र सरकार ने तुर्की से बारह हजार पांच सौ मीट्रिक टन अतिरिक्त प्याज के आयात का किया अनुबंध राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि महात्मा गांधी का पूरे विश्व में सम्मान है क्योंकि विश्व महसुस कर रहा है कि गांधी जी की शांति समानता और अहिंसा का दृष्टिकोण आज अधिक प्रासंगिक है राष्ट्रपति ने कल राष्ट्रपति भवन में महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती समारोह के लिए गठित राष्ट्रीय समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करते हए यह बात कही श्री कोविंद ने कहा कि प्रवानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गांधी जी के स्वच्छता के एजेंडे को जन आन्दोलन बनाया इस अवसर पर श्री कोविंद ने प्रधानमंत्री से गांधी जी की यादगार गतिविधियों पर ई पुस्तक की पहली प्रति प्राप्त की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हमें महात्मा गांधी के जन भागीदारी के सिद्वांतों पर चलने की आवश्यकता है

उन्होंने महात्मा गांधी के एक सौ पचासवीं जयंती के समारोहो के आयोजन में व्यक्तिगत रूप से रूचि लेने के लिए पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एन्तोनियो कोस्टा का आभार व्यक्त किया

महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयन्ती के उपलक्ष्य मे आयोजित स्मारक व्याख्यान में उन्होंने कहा कि गांधी और आम्बेडकर दोनों ने हिंसा का हमेशा विरोध किया और अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विफ्की दलों पर लोगों को नगरिता संशोधन कानून पर गुमराह करने और प्रदर्शनों के नाम पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया है लखनऊ में कल शाम मीडिया को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा कि किसी भी हाल में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जायेगी और पथराव और आगजनी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी मुख्यमंत्री ने हिंसा की घटनाओं पर सख्त नाराजगी जताते हुए इसे राष्ट्र द्रोह करार दिया उन्होंने कहा कि हिंसा में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी सार्वजनिक सम्पत्ति को जो भी नुकसान पहुंचा है उसकी पूरी भरपाई हिंसा के जिम्मेदार लोगों से की जायेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुददा नहीं है वह प्रदर्शन के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि विपक्ष नागरिकता संशोधन कानून के बारे में भ्रामक प्रचार कर लोगों को बहकाने का काम कर रहा है लोग अपने कंबों का इस्तेमाल न होने दे लोग बहकाये में न आये एक षड्यंत्र के तहत यह सब विपक्ष के लोग कर रहे है यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हम जनता से अपील करते है कि लोग शांति बनाये रखे यह बिल किसी का अहित नहीं करता है यह केवल उन लोगों को मदद कर रहा है जो धार्मिक आधार पर हमारे पड़ोसी मुलकों में प्रताड़ित थे

मुख्यमंत्री ने रक्षामंत्री को लखनऊ और राज्य के अन्य भागों की स्थिति से अवगत कराया एक ट्वीट में राजनाथ सिंह ने इन घटनाओं को दूर्भाग्यपूर्ण बताया और लोगों से शांति बनाये रखने की अपील की रक्षामंत्री अमरीका की सरकारी यात्रा पर हैं

कल नई दिल्ली में सशस्त्र सीमा बल के छप्पनवें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि नेपाल और भूटान के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं लेकिन क्छ तत्व भारत में घ्सपैठ के लिए इन देशों की सीमाओं का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं गृहमंत्री ने सीमापार से घूसपैठ रोकने में अर्दघसैन्य बलों की भूमिका की सराहना की उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता में सशस्त्र बलों का योगदान अनुकरणीय है उन्होंने कहा कि सीमाओं की रक्षा करते हए अपनी जान गंवाने वाले शहीदों को देश सलाम करता है श्री शाह ने कहा कि सरकार केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के लिए ऐसी व्यवस्था बनाने पर विचार कर रही है जिससे उन्हें प्रतिवर्ष कम से कम सौ दिन का अवकाश मिल सके विपक्ष के हंगामे और शोर शराबे के बीच प्रदेश विधान सभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही कल अनुप्रक बजट पारित होने के बाद अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी गयी विपक्षी दलों विशेषकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सदस्य कल सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नागरिकता संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति के मुददों पर नारे लगाते हुए वेल में आ गये विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने विपक्षी दल के सदस्यों को अपने अपने स्थान पर लौटने को कहा जिसे उन्होंने अनस्ना कर दिया हंगामे और शोरशरावे के बीच संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए दूसरा अनुपूरक बजट पारित कराया प्रदेश सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में चार हजार दो सौ दस करोड़ रूपये से अधिक का अपना दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया था विधानसभा का शीतकालीन सत्र मंगलवार को शुरू हुआ था और इसे चार दिन चलना था लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते सत्र ढाई दिन से भी कम समय तक चल सका उधर विधान परिषद की कार्यवाही भी कल विपक्ष के हंगामे के चलते चालू वित्त वर्ष के दूसरे अनुपूरक बजट के पारित होने के साथ ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गयी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस का एक सौ शहरों तक विस्तार किया जाएगा स्वास्थ्य मंत्री ने कल नई दिल्ली में एक नए सीजीएचएस आरोग्य केन्द्र का उद्धाटन करते हुए कहा कि वर्तमान में यह योजना देशभर में बहत्तर शहरों में तीन सौ उन्तीस एलोपैथिक आरोग्य केन्द्र और छियासी आयुष केन्द्रों के जरिये संचालित हैं पैंतीस लाख से अधिक लोग इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं जिनमें से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के करीब सत्रह लाख लाभार्थी शामिल हैं प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने कहा है कि पुलिस को जनता के प्रति हमेशा संवेदनशील रहना चाहिये उन्होंने कहा कि प्रदेश में क़ानून व्यवस्था का कार्य चुनौती पूर्ण है इसे निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ पूरा करने के लिये पूलिस को आम नागरिकों से समन्वय स्थापित कर उनमें विश्वास पैदा करना चाहिये श्रीमती पटेल कल भारतीय पुलिस सेवा दो हजार अट्ठारह बैच के प्रशिक्ष् अधिकारियों से राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात कर रही थीं केन्द्र सरकार ने टर्की से बारह हजार पांच सौ मीट्रिक टन अतिरिक्त प्याज के आयात का अनुबंध किया है एम एम टी सी द्वारा आयात किया जा रहा यह प्याज मध्य जनवरी से भारत पहुंचने लगेगा इस बारह हजार पांच सौ मीट्रिक टन के साथ अब तक बयालिस हजार पांच सौ मीट्रिक टन के आयात का अनुबंध किया जा चुका है सरकारी सूत्रों ने बताया है कि लगभग बारह हजार मीट्रिक टन प्याज इस महीने की इकत्तीस तारीख से पहले भारत पहुंच जायेगा आशा है कि इन उपायों से देश के बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ेगी और कीमतों में कमी आयेगी राष्ट्र ने कल महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकउल्ला खां और रोशन सिंह के बलिदान दिवस पर उन्हे भावभीनी श्रद्वांजलि अर्पित की काकोरी की ऐतिहासिक घटना के इन तीनों वीर नायकों को कल ही के दिन वर्ष उन्नीस सौ सत्ताईस में अंग्रेजी शासन से फांसी दे दी थी पंडित रामप्रसाद विस्मिल को गोरखपुर अशफाक उल्ला खां को अयोध्या और ठाकुर रोशन सिंह को प्रयागराज के जिला कारागार में फांसी दी गयी थी इन तीनों शहरों के साथ प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर इन महान स्वतंत्रता सेनानियों की याद में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता संग्राम के इन महानायकों के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्वांजलि दी श्री योगी ने अपने टिवटर संदेश में कहा कि स्वाधीनता आन्दोलन में अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह के योगदान को सदैव आदरपूर्वक स्मरण किया जाएगा प्रदेश के विभिन्न जिलों में लेखपाल अपनी आठ सूत्रीय मांगों के समर्थन में हड़ताल पर है हड़ताल को गैर कानूनी घोषित किये जाने के बाद भी लेखपाल काम पर वापस नहीं लौट रहे